रोहतास निवासी नित्यानंद यादव की इलाज के दौरान मौत

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज बरौनी से प्रदेश के लिए तैंतीस हजार करोड़ रूपये से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और लोकार्पण किया इस अवसर पर आयोजित जनसभा में श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार आधारभूत संरचना के विकास के साथ साथ गरीबों के कल्याण पर समान रूप से ध्यान दे रही है

इकतीस किलोमीटर से अधिक लम्बी इस परियोजना को पांच वर्षों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है इस अवसर पर पटना जैविक उद्यान के पास आयोजित समारोह में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी और राज्य के नगर विकास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा उपस्थित थे प्रधानमंत्री ने पटना में पाईप लाईन के जरिये रसोई गैस वितरण परियोजना और पटना में सीएनजी गैस स्टेशन का भी शुभारंभ किया श्री मोदी ने बरौनी तेल शोधक संयंत्र के विस्तार बरौनी उर्वरक इकाई के जीर्णोद्वार ए टी एफ विमान ईंधन संयंत्र पारादीप हल्दिया दुर्गापुर एलपीजी पाइपलाइन के पटना और मुजफ्फरपुर तक विस्तार कार्य की शुरूआत की और परियोजनाए राष्ट्र को समर्पित कीं प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए घोषित विशेष पैकेज के तहत जगदीशपुर हल्दिया बोकारो धामरा गैस पाइपलाइन परियोजना का पहला चरण देश को समर्पित किया उन्होंने लोक निर्माण स्वच्छ गंगा मिशन और रेलवे की कई विकास परियोजनाओं की शुरूआत भी की प्रधानमंत्री ने अमृत योजना के तहत चौदह सौ करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली बाईस परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया

प्रधानमंत्री ने पटना और भागलपुर में जल मल निकास नेटवर्क की आधारशिला भी रखी उन्होंने सारण और पूर्णियां में मेडिकल कॉलेज की स्थापना तथा भागलपुर और गया के मेडिकल कॉलेजों के उन्नयन कार्य का भी शुभारंभ किया प्रधानमंत्री ने रांची पटना साप्ताहिक एसी ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया बरौनी से धर्मेन्द्र कुमार राय की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अभिषेक दास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तैंतीस हजार करोड़ रूपये की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया श्री कुमार ने कहा कि आज जिन परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास हुआ है उससे बिहार के लोगों की बहुत पुरानी मांगें पूरी हुई हैं समारोह को केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने भी संबोधित किया समारोह में राज्यपाल लालजी टंडन केन्द्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे गिरिराज सिंह रामकुपाल यादव और आर के सिंह तथा प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी मौजूद थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि पुलवामा आतंकी हमले को लेकर जितना आक्रोश आम लोगों में है उतना ही आक्रोश उन्हें भी है

जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुये आतंकी हमले में बिहार के एक और जवान शहीद हो गये हमले में घायल बीएसएफ जवान नित्यानंद यादव की आज इलाज के दौरान मौत हो गयी वे रोहतास जिले के कोचस थाना के चितौनी गांव के रहने वाले थे उनका पार्थिव शरीर आज देर रात तक पटना पहुंचने की सम्भावना है कल शहीद जवान का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गांव में किया जायेगा भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में अपने सभी जिला मुख्यालयों में आज सीआरपीएफ के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रार्थनासभा का आयोजन किया इसमें पार्टी के वरिष्ठ नेता और केन्द्रीय मंत्री शामिल हुये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पूर्णियां में नये इंजीनियरिंग कॉलेज और बिहार राज्य मदरसा एजुकेशन बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय का उद्घाटन किया श्री कुमार ने इस अवसर पर क्ल एक सौ तेरह करोड़ चौसठ लाख रूपये की विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और लगभग साढ़े छह करोड़ रूपये की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास किया इस अवसर पर आयोजित समारोह में श्री कुमार ने कहा कि सरकार राज्य में तकनीकी शिक्षा के विकास पर ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि अब तक उन्नीस इंजीनियरिंग कॉलेज और उनचालीस पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जा चुके हैं समारोह को शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन प्रसाद वर्मा ने भी संबोधित किया पूर्व मूख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाक्र की आज इकतीसवीं पृण्यतिथि है बरौनी में आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सामाजिक न्याय के लिए किये गये जननायक के प्रयासों को याद किया इस अवसर पर पटना में आयोजित राजकीय समारोह में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी समेत कई गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की जननायक के पैतृक गाँव समस्तीपुर जिले के कर्पुरी ग्राम में भी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया प्रदेश के उत्तर पूर्वी हिस्सों में आज भी हल्की बारिश हुई है मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ अभी भी सक्रिय है जिसके प्रभाव से अगले चौबीस घंटों के दौरान राज्य के अधिकतर हिस्सों में आंशिक रूप से बादल छाये रहेंगे हालांकि अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य बना रहेगा अररिया जिला क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित अठाइसवें भागिरथी चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल मैच में स्टाईल मार्क क्रिकेट क्लब अररिया ने फारबीसगंज क्रिकेट एकेडमी को पराजित कर खिताब पर कब्जा जमाया सीतामढ़ी में जिलाधिकारी रंजीत कुमार सिंह ने आज तीन सौ बेड वाले अस्पताल के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया कटिहार जिले के फलका थाना क्षेत्र के धनैठा गांव में अगलगी की घटना में उन्नीस घर जलकर नष्ट हो गये

रोहतास निवासी नित्यानंद यादव की इलाज के दौरान मौत